प्रदेश में सर्दी में बदलाव का दौर जारी कहीं कहीं बादलों की लुकाछिपी से बनी रही ठंडक सीबीआई निदेशक मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के चैयरमैन ऋषि कुमार शुक्ला को केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक बनाया गया है श्री शुक्ला मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं

श्री शुक्ला सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा का स्थान लेंगे श्री वर्मा को विवादों के चलते पहले छुट्टी पर भेजा गया था और फिर उन्हें इस पद से हटा दिया गया था श्री शुक्ला की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की गयी है जो उनके पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित व्यय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा कानून के तहत सीमा में किये गये सभी व्यय उनमें पोस्टर बैनर वाहन प्रिन्ट विज्ञापन जनसभा और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकार्ड रखा जाता है इन सभी के लिये व्यय सीमा निर्धारित की गई है सभी प्रत्याशियों को व्यय के लिये बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और व्यय का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा

मंडल की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले की सभी अनुप्रक संस्थाएं अपने जिले की समन्वयक संस्था से सम्पर्क स्थापित कर छात्रों को वितरित करने के लिए प्रवेशपत्र प्राप्त कर सकती हैं

पेयजल व्यवस्था लोक स्वास्थ्य मंत्री सुखदेव पांसे ने गर्मी के मौसम में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति की स्थाई व्यवस्था के लिये विस्तृत कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं श्री पांसे ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला में कहा कि इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिये दिन रात काम करना होगा उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को चुनौती के रूप में लेना होगा श्री पांसे ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी पेयजल की समस्या की शिकायत नहीं मिलना चाहिये शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फर्जी ऋण के मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है उन्होंने ट्विट किया कि जिन किसानों की कर्जमाफी पर भाजपा को बोलने का हक नहीं है उस पर उनकी बयानबाजी जारी है लेकिन उसकी साठगांठ से हुए हजारों करोड़ रूपये के फर्जी ऋण घोटाले पर वह चुप्पी साधे हैं उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े फर्जीवाड़े विभिन्न जिलों से रोज सामने आ रहे हैं गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में फर्जी ऋण के कई मामले सामने आये हैं उसके बाद से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है

स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पालकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक मीटिंग आयोजित करने का मकसद पालकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनके सुझाव लिये जाना है

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं

वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जबलपुर से प्रयागराज कुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिये विशेष ट्रेन चलाई जा रही है अधिकारिक जानकारी के अनुसार इच्छुक वरिष्ठ नागरिक अपने आवेदन कलेक्टर कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं परीक्षा अंक मद्रास उच्च न्यायालय ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स दिये जाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिये हैं न्यायालय ने छह वर्ष पहले आईआईटी प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स के कारण असफल रहे एक छात्र की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्द्वी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग देना कानूनी रूप से उचित नहीं है इस फैसले से निगेटिव मार्किंग के कारण प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में दाखिला नहीं पाने वाले आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी टेनिस जीत कोलकाता में डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज डबल्स मुकाबले में भारत ने इटली को हरा दिया

कल प्रुष सिंगल्स में इटली ने दो शून्य से विजय प्राप्त की थी और भारत के सामने खेल से बाहर हो जाने का खतरा महसूस हो रहा था

मौसम प्रदेश में सर्दी में बदलाव का दौर जारी है तेज धूप के खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई वहीं रात में अभी भी सर्दी का असर बरकरार है राजधानी भोपाल और उसके आस पास के क्षेत्रों में आज दिन में धूप की आवाजाही चलती रही जिससे ठंड का अहसास बना रहा

वहीं शेष जिलों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होने का अनुमान जताया है हालांकि राजस्थान में बन रहे चकवात की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है जिससे एक बार फिर ठंड वापस आने का अनुमान जताया गया है